इस सूची में गुजरात सबसे ऊपर है

चार सीटों पर कल एक भी नामांकन नहीं भरा गया कल नामांकन पत्र भरने वालों में करौली घौलपुर से भाजपा के मनोज राजौरिया और सीकर से कांग्रेस के सुभाष महरिया प्रमुख हैं लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से चलाये जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत आज सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्नस्थानों पर बाल समाओं का आयोजन किया गया लोकसभा चुनाव के दौरान सीकर में चुनाव प्रशिक्षण में गैर हाजिर रहने और बाद में नोटिस लेने से इनकार करने पर एक सहायक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी नौसेना की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नये अत्याधुनिक वर्च्यअल रियलिटी सेंटर की शुरूआत की गई है

कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक में रजनीतिक सुरक्षा आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग की प्रगति का मूल्यांकन किया गया रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एन्ड्र यू द एपसल से सम्मानित करने की घोषणा की है यह सम्मान उन्हें रूस और भारत सरकार और जनता के बीच विशेष सद्भाव और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है राष्ट्र जलियावाला बाग नरसंहार के सौ वर्ष पूरे होने पर शहीदों को नमन कर रहा है इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक में शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करेंगे श्री नायडू स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे श्री नायडू इस स्मारक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आउटरीच और कम्युनिकेशन ब्यूरो द्वारा आयोजित नरसंहार प्रदर्शनी भी देखेंगे

इसी कड़ी में कल शाम ऐतिहासिक टाउनहाल से जलियांवाला बाग स्मारक तक एक कैंडल मार्च भी निकाला गया जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए और आकाश इन्कलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है श्री कोविंद ने कहा कि यह भयानक नरसंहार सभ्यता पर कलंक है और इसे भारत कभी भुला नहीं पाएगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग जलियांवाला बाग नरसंहार के सौ वर्ष पूरे होने पर हिन्दी और अंग्रेजी में एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज शाम सात बजकर दस मिनट से एफएम गोल्ड चौनल पर सुना जा सकता है फसल कटाई का त्यौहार बैसाखी आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

बैसाखी के पर्व पर प्रदेश के अधिकांश गुरूद्वारों में अखण्ड शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जा रहा है बाडमेर में इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया गया प्रदेशभर में आज चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी मनाई जा रही है इस मौके पर राजधानी सहित अधिकांश जिलों के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है झालावाड जिले के असनावर के पास रातादेवी धाम भवानी मण्डी के निकट दूधाखेडी माताजी और मिश्रोली की अन्नपूर्णा माता मंदिरों में विशेष सजावट की गई है सुबह से ही भक्तों का मंदिर पहंचने का कर्म जारी है कुछ जगह कन्या भोजन तो कहीं भंडारों का आयोजन किया जा रहा है वहीं बांसवाडा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की गई है आज सुबह मंगला आरती की गई जिसमें बडी संख्या में श्रद्वालुओं ने भाग लिया

इधर सवाईमाघोपुर जिले के चौथ के बरवाडा स्थित चौथ माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्दालुओं की भारी भीड है रामनवमी आज प्रदेश के कई भागों में आस्था और श्रद्वा के साथ मनाई जा रही है कई भागों में यह पर्व कल मनाया जायेगा यह दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के जन्म दिवस का प्रतीक है रामनवमी के मौके पर आज कुछ जगह भगवान राम की शोभायात्रा निकाली जायेगी जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किये है